मंत्री ने बताया कि तकनीकी केन्द्र छोटे उद्योगों को तकनीकी समर्थन प्रदान करेंगे

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि म्ख्यमंत्री ने जिला कैथल में सोनीपत गोहाना असंध कैथल पटियाला सडक़ को चौड़ा व सुदृढ़ीकरण करने हेत् और देवबन नग्रां मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है म्ख्यमंत्री ने जिला पंचक्ला में गांव गवाही में सम्पर्क सडक़ शेरला के निर्माण के लिए और जिला अम्बाला में ओल्ड दिल्ली रोड के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है उन्होंने बताया कि म्ख्यमंत्री ने गांव बादली में बहाद्रगढ़ ग्रूग्राम सडक़ पर चौक का स्व॰ ताराचंद फ्रीडम फाइटर चौक के रूप में प्नः नामकरण करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की

शिक्षा सदन के घेराव को सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों ने क्च किया शिक्षा सदन के घेराव को जा रहे कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को पहले प्रलिस ने हैवी बेरिगेट्स के दवारा रोकने का प्रयास किया परन्त् प्रदर्शनकारी कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के न रुकने के चलते प्लिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जिस कारण वाटर केनन के प्रयोग के बाद सात कंप्यूटर टीचर व लैब सहायक घायल हुए हैं

सिरसा प्लिस की अपराध अन्वेषण शाखा ने नकली नोट तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर चत्तरगढ़ पट्टी के पंच विनोट और कम्प्यूटर विशेषज्ञ बंलवत को गिरफ्तार किया है

साथ ही कागज़ पर कटिंग करने के लिए रखे गये चौवन नोट भी बरामद हए है

जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती उमा शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी पंजीकृत विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किये जा च्के ह

इन विदयार्थियों को आवासीय स्विधा भी निशुल्क उपलब्ध होगी हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील गुलाटी ने यौन मामले मे अजा पंचकूला स्थित हरियाणा महिला आयोग के समक्ष बयान दर्ज करवाए आईएएस अधिकारी ने अपना जवाब लिखित में महिला आयोग को दिया

आयोग के सामने उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के जवाब दिए हैं

दूसरी ओर पीड़ित महिला आईएएस अधिकारी ने कहा कि कोई भी अपराधी ये नही कहता कि वो अपराधी है सुनील गुलाटी झूठ बोल रहे है महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा स्मन ने कहा कि प्रथम दृष्टय ये मामला योन शोषण का नहीं है बलिक इसे मानसिक शोषण कहा जा सकता है आयोग ने इस मामले में मुख्यसचिव से जुड़े मामले की सीसीटीवी फ्टेज भी मांगी है चेयरमैन ने कहा कि मामले से जूड़े अन्य अधिकारीयों व कर्मचारियों को पुछताछ के लिए बुलाया जायेगा केन्द्रीय विदेश मंत्रालय ने एम पासपोर्ट सेवा एप शुरू की है इसमें आवेदक अपने स्मॉर्टफोन मोबाईल परइस एप को डाउनलोड कर न सिर्फ पासपोर्ट हेत् आवेदन कर सकते हैं बल्कि पासपोर्ट सेवा केंद्र श्ल्क का भ्गतानआवेदन की स्थिति संपर्क तथा अन्य संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही मुलाकात के लिए समय पासपोर्ट हेत् आवश्यक दस्तावेज एवं देश के बाहर के मिशन आदि के बारे में भी एप के माध्यम से जानकारियां प्राप्त की जा सकती है

हरियाणा के स्थानीय निकाय राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने आइएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की चार्जशीट के कृछ पन्ने मुख्यमंत्री कार्यालय से गायब होने पर कहा की ये गंभीर मामला है और सरकार इसकी जांच करवाएगी

गौरतलब है कि हिसार में डी एफ ओ रहते संजीव चत्र्वेदी ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन फर्जी पौधा रोपण शिकार हरबल पार्क में भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था इस पर कांग्रेस सरकार ने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला बनाते हए उन्हें चार्जशीट कर दिया था इसी चार्जशीट को हटाने के लिए फाइल सम्बधी दस्तावेज मुख्यमंत्री कार्यालय से गायप हो गये है हरियाणा राज्य को आपरेटिव स्प्लाई व मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटेड हैफेड तथा श्री शिव कावड़ महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में पंचकुला स्थित हैफेड के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

रमेश ने बताया बताया कि दोनों के शवों को सिविल अस्पताल पहंचाया गया और मामले की जांच श्रू कर दी है फरीदाबाद अपराध शाखा ने सात शातिर ल्टेरों का गिर फ्तार किया है

आरोपी से सामान बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया गया है